इसमें हम बापू के सुविचारों को प्रस्तुत करेंगे आज शुरुआत महात्मा गांधी के स्वतंत्रता पर विचारों से

उन्होंने यह बात आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कही इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वे झूठ और दुष्प्रचार के जरिए देश के लोगों को गुमराह कर रहे है श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि इन कृषि विधेयकों के पारित होने से कृषि क्षेत्र को बहुप्रतीक्षित स्वतंत्रता मिलेगी उन्होंने कहा कि अब किसान मौजूदा मंडियों के अतिरिक्त देश में कहीं भी अपनी उपज बेच सकेंगे

ग्वालियर केन्द्रीय मंत्री केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर और रेलवे ओवर ब्रिज का लोकार्पण किया कन्वेंशन सेंटर जिवाजी विश्वविद्यालय में बनाया गया है

इस अवसर पर श्री तोमर दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आयोजित प्ष्पांजलि कार्यक्रम में भी शामिल हुए सीएम लैपटॉप विद्यार्थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के छात्र छात्राओं से कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हरसंभव कोशिश करें राज्य सरकार हर कदम पर आपके साथ है

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह योजना बंद कर दी गई थी पं दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस के अवसर पर यह योजना आज पुन आरंभ की जा रही है

इस दौरान मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं से संवाद किया

श्री जावड़ेकर ने कहा है कि यह निर्णय डीजल पर निर्भरता कम करने और सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है

बालासुब्रमण्यम के निधन पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत केंद्रीय मंत्रिमडल के अनेक सदस्यों ने दुख व्यक्त किया है

मौसम विभाग ने बताया कि अब पूरे सप्ताह प्रदेश में वर्षा से राहत रहेगी तथा मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा

यह भारतीय चिकित्सा परिषद का स्थान लेगा

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व स्थानीय सलाहकार समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया